उन्होंने अधिकारियों को इस महत्वकांक्षी परियोजना को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए उन्होंने अधिकारियों को आंगतुकों की सुविधा के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थल व भवन में वर्षा जल संग्रहण सुविधाएं तैयार करने के भी निर्देश दिए

लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता लाने के उद्देश्य से हर वर्ष पांच जून को ये दिन मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस पर इस वर्ष का विषय है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक टिवट संदेश में सभी से स्वच्छ पृथ्वी और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का आहवान किया है इस मौके पर प्रदेश भर में अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे किशन कपर खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने विभाग के अधिकारियों को सभी क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों में राशन का समान वितरण तय करने के निर्देश दिए हैं धर्मशाला में कल एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि इस संबंध में लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

सभाष ठाकर बिलासपुर सदर के विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा है कि क्षेत्र में लोगों को पर्याप्त पेयजल मुहैया करवाने के लिए व्यापक योजनाएं चलाई जा रही हैं

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में बादल छाए हुए हैं जबकि निचले कुछ मैदानी इलाकों में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है मंडी से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि जिले के अनेक भागों में सुबह से जोरदार वर्षा हो रही है मौसम विभाग ने प्रदेश में सात जून से बारिश होने की सम्भावना जताई है चेतावनी इस बीच भाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड के पंडोह रिथित अधिशासी अभियंता ने सूचित किया है कि ब्यास नदी के जलभराव क्षेत्रों में बर्फ पिघलने और बरसात पूर्व बारिश के चलते पंडोह बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है उन्होंने कहा कि बांध का जलस्तर सुरक्षा बिंदू तक पहुंच चुका है और सुरक्षा कारणों से किसी भी समय बांध के स्पिलवे गेट खोले जा सकते हैं उन्होंने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से ब्यास नदी के समीप न जाने का आग्रह किया है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने हेली टैक्सी से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दैनिक जागरण ने लिखा है मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर में आम आदमी भी करेंगे सफर दैनिक भास्कर के शब्द हैं पहले दिन शिमला और चंडीगढ़ से फूल रही हेली टैक्सी सप्ताह में दो दिन सर्विस हिमाचल दस्तक के अनुसार शिमला चंडीगढ़ के बीच हेली टैक्सी शुरू कांगड़ा की रतो से आज पीएम करेंगे सीधी बात शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बात करेंगे मोदी

दैनिक जागरण की सुर्खी है एनसीईआरटी से मंजूरी मिलते ही स्कूलों में पढ़ाया जाएगा बैंकिंग का पाठ किसान आंदोलन पर अमर उजाला ने लिखा है हिमाचल में दूध और सब्जी का संकट पंजाब से आपूर्ति रुकी दामों में उछाल दिव्य हिमाचल की खबर है कल मंत्रिमण्डल बैठक में आएगा जल संकट इसी पत्र के अनुसार सौ मेगावॉट तक पर्यावरण मंजूरी दे सकेगी सरकार सड़क दुर्घटना पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है मनाली से लेह जा रही टैम्पो ट्रैवलर खाई में गिरी विदेशी महिला पर्यटक की मौत जल संकट पर आपका फैसला लिखता है एशिया का सबसे बड़ा बांध हिमाचल में लेकिन जनता प्यासी जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं शिमला में जलसंकट पर राजनीति से आहत जयराम ठाकुर अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय पर्यटन के लिये में लिखा है कि हवाई सेवाओं के विस्तार से हिमाचल की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी इससे पर्यटकों को सुगम यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध होगी दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय सत्ता से सीधे संवाद का मंच में जनमंच कार्यक्रम पर लिखा है कि कमोबेश हर मंत्री अपने सत्ता केंद्र से दूर अलग जिला और विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में जाकर यह महसूस कर सकता है कि सारे प्रदेश का दर्द क्या है आपका फैसला ने भी अपने सम्पादकीय में प्रदेश सरकार द्वारा जनता की समस्याओं को जनता के ही घर द्वार पर सुनने और सुलझाने के लिये जनमंच कार्यक्रम की पहल की सराहना की है शीर्षक है जनमंच के बहाने